हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल दो नवम्बर को और महाराष्ट्र का नौ नवम्बर को समाप्त हो रहा है उन्होंने पर्यावरण पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने प्रचार अभियान के दौरान प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें

झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है इस सीट से विजयी रहे भाजपा के जी एस डामोर के इस्तीफे के बाद से यह सीट खाली है

बाद में भाजपा ने उन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया और श्री डामोर झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गये छत्तीसगढ़ की चित्रकूट विधानसभा सीट पर भी इन्हीं तिथियों में उप चुनाव होगा उप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय नीति को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है उन्होंने कहा कि भारतीय गुणवत्ता परिषद नीति का खाका तैयार करने पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब इस विषय के लिए औपचारिक काम शुरू किया गया है आज हैदराबाद स्थित परियोजना प्रबंधन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधकों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि परियोजना प्रबंधक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

लोकार्पण मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय का लोकार्पण किया

यहां ब्रेन और स्पाईन के सभी ऑपरेशन हृदय शल्य चिकित्सा डॉयलिसिस लेजर पद्दति से पथरी और प्रोस्टेट ग्लेंड का इलाज भी होगा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

इस बार अच्छी खबर में आप जानेंगे प्लाटर ऑफ पेरिस पीओपी की मूर्तियों के सुरक्षित और सम्मानजनक विसर्जन के बारे में मिशन इंद्रधनुष प्रदेश में भिशन इंद्रधनूष का पहला चरण सोमवार से शुरू होगा

खंडवा जिले में जिन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के गांव में टीकाकरण का प्रतिशत कम है वहां टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा

आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश निरामयम योजना के अंतर्गत बैतूल और धार जिले में सोमवार को स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा इस योजना के पात्र हितग्राही जिन्हें किसी प्रकार की शल्यचिकित्सा या प्रकिया की आवश्यकता है वे शिविर में आकर लाभ उठा सकते हैं शिविर के दौरान योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी साथ ही हितग्राहियों का परीक्षण और समस्याओं का निदान विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा कुछ समाचार संक्षेप में केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कल सतना में आयोजित संगोष्ठी में शामिल होंगे

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार नेहरू युवा केन्द्र टीकमगढ द्वारा जिला स्तरीय सर्वश्रेठ युवा मण्डल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है